उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने समय पर कारगर कदम उठाए और भारत ने महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रमुख भूमिका अदा की एक समाचार पत्र को साक्षात्कार में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से इस महामारी का सामना किया है उसे भारतीय आदर्श के रूप में देखा जा सकता है उन्होंने कहा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय मॉडल सफल रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम और जियो और जीने दो की भावना प्रदर्शित करते हुए एक सौ से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति की

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस च्रनौती से निपटने के बाद भारत अधिक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा उन्होंने कहा कि भारतीय नेतृत्व प्रशासन और नागरिकों ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया उसकी विश्व भर में सराहना हो रही है उन्होंने कहा कि इस दौर ने देश में लोकतंत्र की जडे मजबूत बनाने का महत्व उजागर किया है उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने विश्वास व्यक्त किया है कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र और राज्य सरकारे मिलकर काम करेंगी और विभिन्न उपायों को लागू करेंगी मालगाड़ी और पार्सल सेवाएं शुरू करने के लिए रेलवे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्दो नष्ट होने वाली वस्तओं की आवाजाही से किसानों को राहत मिलेगी क्योंकि किसानों के तनाव में होने और खासकर बागवानी करने वालों को पर्याप्त पारिश्रमिक न मिलने की खबरें आ रहो थीं श्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को रेल सेवा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए ताकि किसानों को कोई घाटा न हो श्री नायडू ने बाजार में कृषि उत्पादों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए गृहमंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा क्षत्र में आवश्यक सुधारों पर विस्तृत विचार विमर्श किया है इसमें शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा शिक्षा पोर्टल और विशेष शिक्षा चनलों पर कक्षावार प्रसारण पर विशेष जोर दिया गया

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और कुशल शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को बढावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना संक्रमण के असर का जायजा लिया उन्होंने बिजली क्षेत्र की मजबूती और कार्य क्शलता में वृद्धि के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की कारोबारी सुगमता नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कोयला आपूर्ति में लचीलापन सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी तथा बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी बैठक में चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगा को चौबीसों घंटे ग्णवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना जरूरी है बैठक में गृह मंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन विद्युत और नवीकरणोय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे

श्री जावडेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है भारत ने इस क्राइसेस को ठीक से मैनेज किया है

लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं फोजिंग आउट कर रहे हैं और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनन्दिन एक्टिविटीज जो हैं रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई हैं सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं एकदम शहरों के बीचोंबीच फैक्ट्रीज नहीं होती है तो वो आसपास होती है वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडीकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी तो वो दूसरा मुद्दा है कन्सट्रक्शंन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं जहां वहां मजदूर वैसे भी कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज पर मजदूर वहीं रहते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना करता है जिन पर वह पहले सहमति व्यक्त कर चुका होता है सात राज्यों की दो सौ नई मंडियां कल कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाए गए ई नैम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल हो गई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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण से सुरक्षा के उपाय करते हुए प्रदश में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया है उन्होंने अवैध रूप से अतंर्राज्यीय और अंतरजनपदीय आवागमन को रोकने के भी निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सूची एवं स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात ही उनकी सकुशल वापसी करवाई जाये इसके लिये संबंधित राज्य सरकारों को अवगत कराया जाये अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों श्रमिकों को प्रदेश वापस लाने के लिये महाराष्ट्र तथा गुजरात से और अधिक ट्रेनों को चलाने के लिये संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जा रही है

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिये पहली स्पेशल टन आज सुबह करीब दस बजे नासिक से चली है और लगभग आठ सौ पैंतालीस श्रमिकों को लेकर यह झांसी कानपुर के रास्ते होते हुए कल तक लखनऊ आ जायेगी श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि क्वारेंटीन का जो प्रोटोकाल स्वास्थ्य विभाग ने निश्चित किया है उसके लिये प्रत्येक जनपद के प्रभारी अधिकारी को नामित करने के साथ प्रभावी पेट्रोलिंग की जाये मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में वापस आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का नाम पता मोबाइल नम्बर के साथ उनकी कार्यदक्षता का विवरण भी संकलित किया जाये ऐसे श्रमिकों और कामगारों को रोजगार सुलभ कराने की सुविधा दी जाये मुख्यमंत्री ने पन्द्रह से बीस लाख लोगों को राजगार देने की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिये हैं

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य न बताया कि घर वापसी करने वाले प्रवासियों पर नजर रखने के लिए गांव स्तर पर ग्राम निगरानी समिति एवं शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति बनायी जायेगी उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में आज से बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती और लखनऊ मंडी परिषद के सभापति विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये लॉकडाउन के दौरान लखनऊ की वृहद जनसंख्या को देखते हुए मंडियों को अलग अलग समय पर चरणबद्व तरीके से खोला जा रहा है उन्होंने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि रमजान के दौरान फल सब्जी और खजूर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा रहा है

क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बड़ी मंडियों से कई गुना कम है इसके बाद भी यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम को मेनटेन रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और उनका मूल्य दोनों नियंत्रित रखने की एक बड़ी चुनौती थी

इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से पांच पांच सौ रुपये की तीन किस्तें दी जानी हैं